सरकार इस मामले में हर पहलू पर अध्ययन कर निर्णय लेगी उन्होंने कल कहा कि संक्रमण के इस दौर में जीवन और आजीविका के बीच जीवन को प्राथमिकता दी जायेगी श्री सोरेन ने कहा कि जीवन रहेगा तो जीविका के लिए हम आगे बढ़ सकेंगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीमित संसाधनों की बदौलत कोरोना से जंग लड़ रही है

पिछले चौबीस घंटे के दौरान अठासी नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई जिसके बाद राज्य में संक्रमण का कुल आंकड़ा एक हजार चार सौ अठारह हो गया वहीं पिछले चौबीस घंटे में चालीस मरीज स्वस्थ भी हुए हैं अबतक पांच सौ उनसठ ठीक हो चुके हैं जबकि आठ सौ पचास मरीजों का इलाज किया जा रहा है इधर राज्यभर में इस संक्रमण से मरनेवालों की संख्या नौ हो गयी है झढ राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कोराना महामारी के दौरान राजस्व बढ़ाने को लेकर कठोर फैसले लेने के संकेत दिये हैं उन्हॉने कहा है कि प्रोफेषनल टैक्स सहित विभिन्न करों को लेकर सरकार जल्द फैसले ले सकती है डॉ उरांव कल प्रदेश कांग्रेस राहत निगरानी समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान मनरेगा और खाद्य सुरक्षा कानून लागू नहीं होता तो बहुत ही विकट स्थिति उत्पन्न होती डॉ उरांव ने कहा कि दोनों ही योजनाएं आज देशवासियों के लिए वरदान साबित हुई है मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सरकार कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रही है

आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना संकट में प्रसुति सेवाओं के लिए पर्याप्त एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने की षिकायत मिली और अस्पताल में भर्ती करने से इंकार करने के भी मामले आये आयोग की अध्यक्ष ने मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय से सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभागों को गर्भवती महिलाओं के लिए गैर कोविड एम्बुलेंस सेवाएं तथा अलग से बिस्तर आंवटित करने का अनुरोध किया

एमजीएम अस्पताल से तीन टाटा मोटर्स के कोविड वार्ड में भर्ती चार तथा टीएमएच से नौ कोरोना संक्रमित लोगों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें छुट्टी दी गयी सभी को चौदह दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश भी दिया गया

झढ राज्य सरकार ने सरकारी भवनों को साफ सुथरा रखने के लिए भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों को सेनिटाइजेषन का निर्देश दिया है कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने साफ सफाई पर विशेष जोर दिया है भवन निर्माण विभाग ने छह करोड़ सैंतालिस लाख रूपये का प्राक्कलन तैयार किया है

झढ रेलवे राज्यों की मांग के बाद चौबीस घंटे के भीतर श्रमिक स्पेषल रेलगाडियां उपलब्ध कराना जारी रखेगी रेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों से श्रमिक स्पेशल रेलगाडियों की अपनी आवश्यंकता बताने को कहा है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि राज्य सरकारों की मांग पर रेलवे वांछित संख्या में श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां उपलब्ध कराएगी

झढ पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से देश के विभिन्न हिस्सों में झारखंड प्रवासी केंद्र खोलने की मांग की है इस संबंध में श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कल एक पत्र लिखकर उन्होंने मुंबई दिल्ली गुजरात कर्नाटक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में प्रवासी केंद्र खोलने का सुझाव भी दिया है उन्होंने कहा कि कई देशों में संचालित प्रवासी केंद्रों में इस व्यवस्था को अपनाया गया है

उन्होंने कहा कि कोरोना संकटकाल ने जो सबक दिया है उससे राज्य को सीख लेने की जरूरत है मरांडी ने कहा कि एक सर्वे के अनुसार बेरोजगारी के मामले में देश में झारखंड को पहले स्थान पर बताया गया है

झढ कोडरमा जिले में कल सोलह लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है सभी संक्रमित व्यक्ति प्रवासी मजदूर हैं उन्हें लोकाई स्थित आईटीआई कॉलेज और झमरीतिलैया के सीएच इंटर कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था संक्रमित व्यक्तियों में नौ लोग बांग्लादेश से वापस लौटे थे जबकि सात व्यक्ति दिल्ली से लौटे थे संक्रमित व्यक्तियों में ग्याहर लोग जयनगर प्रखंड के तीन लोग कोडरमा प्रखंड के और एक एक व्यक्ति डोमचांच और चंदवारा प्रखंड के रहने वाले हैं वहीं दसरी तरफ मंगलवार को स्वस्थ होने के बाद एक महिला समेत पांच लोगों को अस्पताल से छटटी दे दी गयी कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण के छिहत्तर मामले हैं जिसमें छत्तीस मामले अभी सकिय हैं

वे कल उच्चस्तरीय कमेटी की बैठक में बोल रहे थे उन्होंने बताया कि षिक्षा विभाग की ओर से तैयार इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जायेगा जहां स्वीकृति मिलते ही पारा पिक्षकों को स्थायी करने की प्रक्रिया षुरू होगी उन्होने कहा कि इस संबंध में बनायी गयी नियमावली में परीक्षा के लिए जो प्रावधान किया गया है उसके स्वरूप क्या होगा इस पर महा अधिवकता की राय ली जायेगी श्री महतो ने कहा कि परीक्षा पास करने के बाद पारा षिक्षकों को स्थायी किया जायेगा और उन्हें वेतनमान दिया जायेगा उन्होंने बताया कि जो पारा षिक्षक टेट पास नहीं हैं उन्हें स्थायीकरण के लिए परीक्षा देनी होगी

श्री महतो ने कल रांची में निजी स्कूल प्रबंधन और अभिभावक संघ के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि इस मामले में निजी स्कूल प्रबंधन और अभिभावक संघ के बीच सहमति बन गयी है राज्य सरकार भी इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देषों के अनुरूप ही अगला कदम उठायेगी उन्होंने कहा कि निजी स्कूल तत्काल केवल ट्यूषन शुल्क को छोड़कर कोई अन्य शुल्क नहीं लेने पर राजी हो गये हैं

कल से बादल छायेंगे और छिटपुट बारिष भी होगी जबकि बारह जून को पूरे राज्य में बारिष का पूर्वानुमान है मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के अधिकांष हिस्सों में मॉनसून आ चुका है और यह ओड़िषा झारखंड और पष्विम बंगाल होते हुए उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में भी प्रवेष कर जायेगा